प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का करेंगे शुभारंभ गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले में दो महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा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

पहले चरण में जयपुर हैरीटेज जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर तथा दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में मतदान होगा

मतदान अब सुबह साढ़े सात से शाम साढ़े पांच बजे तक होगा इन नगर निगमों के सदस्यों के आम चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे

श्री गहलोत कल जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे छोटे काम घंधों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक ऐसी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करें प्रदेश में कल कोरोना संक्रमित मरीजों की तुलना में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही

कोविड के खिलाफ जन आंदोलन में अब जयपुर शहर में बड़ी संख्या में लोग रोजाना जुड़ रहे हैं

प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में अब रेजीडेंट चिकित्सकों की सेवाएं ली जा सकेंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरूआत इस वर्ष अप्रैल में की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकारी का रिकार्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है

मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी नए परामर्श में यौन अपराधों में मामले की जांच पर नजर रखने को भी कहा है ताकि आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके गृह मंत्रालय ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए